प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है और हाल में किए गए सुधार विश्व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर विश्वास रखता है श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी

यह भारत की विकास गाथा में विश्व के भरोसे का स्पष्ट संकेत है

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक द्रष्टिकोण अपनाया है

आंकड़ों के लिहाज से प्रदेश में अबतक एक लाख पांच सौ उनहतर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इनमें चौरान्बे हजार तीन सौ छब्बीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि पांच हजार तीन सौ तिरसठ संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं आठ सौ अस्सी लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है

ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में संक्रमण के सक्रिय मामले क्ल मामलों का सात दशमलव पांच एक प्रतिशत रह गये हैं इस समय देश में संक्रमण के छह लाख तीन हजार सक्रिय मामले हैं

इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों की दर एक दशमलव पांच शून्य प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम दरों में से है

इसी क्रम में आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से भारत के लौह पुरूष के भाषणों के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जायेगी लौह पुरूष के रूप में मशहूर सरदार पटेल ने वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी

नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि पहले देशभर में एथेनॉल का एक ही दाम हआ करता था मगर अब इसके अलग अलग दाम होंगे

श्री जावडेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पैकेजिंग में जूट के बोरों के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है

राज्य सरकार ने ब्राउन प्लांट हॉपर बीमारी से धान की फसलों को हए नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है कृषि मंत्री बादल ने विभागीय पदाधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है श्री बादल ने बताया कि सभी उपायुक्तों को भी इस सिलसिले में पत्र लिखा गया है दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के लिए होनेवाले उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान के लिए अब केवल तीन दिन शेष रह गये हैं ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं झामुमो प्रमुख शिब् सोरेन द्मका में लगातार कैंप कर रहे हैं और लोगों से संपर्क स्थापित कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बैठकें सभाएं और सम्मेलनों के जरिये अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार दोनो विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और अपने उम्मीदवारों के लिए जीत की राह तैयार करने में लगे हैं इस सिलसिले में आज बेरमो विधानसभा क्षेत्र के फुसरो बाजार में भाजपा की ओर से युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर रहते हुए भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं आद्योगिक नगरी जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित एनटीटीएफ आरडी टाटा तकनीकी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने थ्री डी प्रिंटिंग मशीन का प्रोजेक्ट मॉडल तैयार किया है सीआईआई द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में इस मॉडल को स्वर्ण पदक से नवाजा गया

भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट एसएआई नाम से एक सुरक्षित और आसान मैसेजिंग ऐप विकसित किया है इस ऐप के जरिए एंड्रॉएड प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित वॉयस टैक्सट और वीडियो कॉल सेवाएं उपलब्ध होंगी ये मॉडल व्हाटसऐप टेलीग्राम संवाद और जीआईएमएस जैसे मैसेजिंग ऐप की तरह है इसमें मैसेजिंग के लिए सुरक्षित प्रोटोकॉल हैं इसमें स्थानीय इन हाउस सर्वर और कोडिंग की सुरक्षित व्यवस्था है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एसएआई ऐप से सेनाओं के बीच सुरक्षित ढंग से संदेश भेजे जा सकेंगे रक्षामंत्री ने यह ऐप विकसित करने के लिए कर्नल साई शंकर की प्रशंसा की

उनके पुत्र भरत पटेल ने बताया कि उन्हें आज सुबह रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की शिकायत के बाद एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था

वे छह बार विधानसभा के सदस्य रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर समेत कई कोन्द्रीय मंत्रियों ने कोशभाई पटेल के निधन पर गहरा द्ख व्यक्त किया है

तेईस हाथियों का एक झंड तोरपा में भ्रमणशील है और धान की फसलों को नुकसान पहंचा रहा है

पलामू जिले में मादक पदार्थो की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में छापेमारी कर पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है इनमें एक महिला भी शामिल है प्रलिस ने मौके से नब्बे हजार रूपये से अधिक नगद आठ पुड़िया मादक पदार्थ और पन्द्रह लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है मेदिनीनगर के सदर एसडीपीओ संदीप गुप्ता के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई

इस दौरान उन्होने एनसीसी की कई बटालियानों का निरीक्षण किया इस कम में उन्होंने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और अन्य विभागों के सचिवों से मुलाकात की तथा एनसीसी के उतरोत्तर विकास पर विचार विमर्श किया